उन्होंने सभी वक्ताओं से समय सीमा और दूसरी सीमा का ध्यान रखने का आगृह किया उन्होंने यह भी कहा कि भोजनावकाश भी नहीं होगा कांग्रेस के मलिकार्जुन खडगे ने कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों को चर्चा के लिये आंवटित समय को अपर्याप्त बताया संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने विभिन्न दलों के लिये प्रस्ताव पर बालने की समय सीमा के बारे में कहा वन डे के जमाने में विपक्ष पांच दिन का टेस्ट मैच खेलना चाहता है अविश्वास प्रस्ताव की तुलना किकेट के खेल से करने पर विपक्ष के कुछ सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया त्रिणमूल कांग्रेस र्क कल्याण बेनर्जी ने भी कहा कि विपक्ष को ज्यादा समय दिया जाना चाहिये दूसरी ओर तेलुगुदेशम पार्टी के शोर शराबे के कारण राज्यसभा में आज शुन्य काल नहीं हो सका सभापति एम वैंकेया नायडू ने सुबह सदन की कार्रवही आरम होने पर जरूरी कागजात पटल पर रखवाने के बाद शून्य काल शुरू करते हुए कांग्रेस के आनंद शर्मा का नाम पुकारा तो तेदेपा के सी एम रमेश अपनी सीट पर खडे हो गये उन्होंने राज्य सभा सचिवालय की एक विज्ञप्ति दिखाते हुए जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया

भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक आज से जयपुर के तोतुका भवन में शुरू होगी इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल शनिवार को समापन सत्र में अपनी बात रखेंगे बैठक में आज दोपहर दो बजे से शाम साढे चार बजे तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश संगठन महामंत्री चन्द्र शेखर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे इसके बाद शाम पांच बजे प्रदेश कार्य समिति का उद्घाटन सत्र आयोजित होगा जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश के कई नेता शामिल होंगे

आईपीएस अधिकारी एन आर के रेड्डी को अतिरिक्त महानिदेशक कानून और व्यवस्था से विशिष्ठ महानिदेशक कानून व्यवस्था बनाया गया है वहीं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को अतिरिक्त महानिदेशक से महानिदेशक पुलिस और डॉ भूपेन्द्र सिंह को अतिरिक्त महानिदेशक से महानिदेशक पुलिस जेल पद पर लगाया गया है

इसी प्रकार कुछ संभागीय आयुक्त और कुछ जिलों के जिला कलक्टर भी बदले गये है बांसवाडा की छोटी श्रवण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जहापुर में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी को सरकारी योजनाओं में धीमी प्रगति और लक्ष्य पूरा नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है उदयपुर में आज से प्रसूति रोग विशेषज्ञों की तीन दिन की कांफ्रेंस शुरू होगी प्राकृतिक प्रसव पर जोर देने के लिये इस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया है

अजमेर जिले के ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिये अब जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पडेगी जिला कलक्टर आरती डोगरा ने विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उनकी समस्याओं को सुनने और उनका निस्तारण करने का अभियान शुरू किया है जिला कलक्टर ने कल तीन पंचायत समितियों के ग्रामीणों से विडियो कांफ्रेसिंग से रूबरू होकर उनकी समस्यायें पूछी और अधिकारियों को तुरंत उसके निस्तारण के निर्देश दिये अलवर जिले के मालाखेडा पुलिस थाने के पास कल देर रात एक बस और मोटरसाईकिल के बीच हुई टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गये इनमें घायलों की हालत चिंता जनक बताई गई है सवाईमाधोपुर जिले के उदयी गांव में कल ट्रेक्टर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई